जिसके कारण बंद बुलाया जा रहा है जो कि समान्य जिंदगी पर असर डाल रहा है

इसके बावजूद श्री पारियो अपने सवाल और मांग पर अड़े रहे

सैतीस दशमलव दो पांच करोड़ लागत की इस परियोजना को सियांग ईस्ट सियांग पापुमपारे ईस्ट कामेंग और वेस्ट सियांग जिले में लागु किया जाएगा एक हजार महिला लाभार्थियों को शामिल कर एक हजार एकड़ में एरी रेशमकीट की खेती करना इस परियोजना का लक्ष्य है ताकि रोपन से पूर्व और पोस्ट कोकून लिंकेज तैयार कर पालन पोषण कटाई बुनाई तब तक किया जा सके जब तक कि तैयार उत्पाद का निर्माण न हो जाए इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि पुर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बत्तीस रेशम उत्पादन परियोजना लगाने का प्रयास किया है ताकि किसानों और बुनकरों को सशक्त बनाया जा सके उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में सत्ताईस हजार करघा और तैतीस हजार हथ करघा बुनकर है श्रीमती ईरानी ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए अस्सी करोड़ रुपये मंजूरी दी है जिससे चार हजार लाभार्थियों को लाभ मिलेगा उन्होंने राज्य सरकार से ट्राईवल हथकरघा बुनकरों को ईंडिया हेंडलूम ब्रांड के तहत पंजीकृत करने को कहा जो उन्हें अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक बाजार प्रदान करेगा

उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी पंजीकृत बुनकर अपने पुराने करघे को अपग्रेड करना चाहते है तो सरकार नब्बे प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान करेगा कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा की अरुणाचल में हथकरघा एक मुख्य क्षेत्र हो सकता है जो रोजगार का सृजन कर सकता है

विषय था गरिमा के साथ सेवा